इस ्योजना के अंतर्गत दस करोड से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को लाभ पहंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में जेपी नड्डा ने कहा कि इस योजना के लाभार्थी को देश भर में किसी भी सार्वजनिक और निजी पैनल वाले अस्पताल से नकदी रहित लाभ प्राप्त करने की अनुमति होगी उन्होंने कहा कि इस योजना से प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख रुपये का बीमा लाभ प्राप्त कर सकता है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने कहा है कि महिलाओं को सुरक्षित व भयमुक्त वातावरण देने को राज्य सरकार वचनबद्ध है शिमला में आज अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में उत्कृष्ट कानून व्यवस्था सुनिश्चित बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावी कानून व्यवस्था के लिए आधनिक तकनीकों का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित बनाने का प्रयास किया जा रहा है जयराम ठाकुर ने कहा कि अपराधों से निपटने व उनके समाधान के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की जानकारी होना ज़रूरी है उन्होंने पुलिस सहायता उपकरणों की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया

सांसद अनुराग ठाकर ने केंद्रीय सडक व भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर इस परियोजना को आगें बढ़ाने के लिए मदद का आग्रह किया था

उन्होंने कहा कि अब परियोजना के विकास कार्य में तेजी आएगी जिससे स्थानीय लोग लाभान्वित होंगे बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने पंचायत प्रतिनिधियों को लम्बित विकास कार्य जल्द शुरू करने को कहा है नाहन में आज पंचायत समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि समिति के सदस्यों को विकास कार्यो का समय समय पर अवलोकन करना चाहिए बिंदल ने कहा कि इन कार्यों में गृणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए इस दौरान बिंदल ने नाहन में विभिन्न सडकों का निरीक्षण भी किया

लाहौल स्पिति के उदयपुर में एक बैठक में उन्होंने जिले के विकास के लिए सरकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार पर बल दिया मारकंडा ने कहा कि कृषि क्षेत्र में पॉली हाऊस पावर ट्रिलर और स्प्रिंकलर के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी उन्होंने उदयपुर से त्रिलोकनाथ के लिए सात सीटर इलैक्ट्रिक वैन को भी हरी झंडी दिखाई

इस वर्ष का विषय है जल के लिए प्रकृति

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने टवीट में कहा है कि जल दिवस जल शक्ति के महत्व को उजागर करने और जल संरक्षण के प्रति प्रतिबद्वता सुदृढ़ करने का मौका है उन्होंने कहा कि जल संरक्षण होगा तो इससे शहरों गांवों और मेहनतकश किसानों को काफी फायदा होगा इस मौके प्रदेशभर में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए शहीद जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ कल हुई मुठभेड़ में कांगड़ा ज़िले के रैत के जवान जोरावर सिंह शहीद हो गए हैं धर्मशाला से हमारे संवाददाता के अनुसार उनकी शहादत की खबर सुनते ही घर पर मातम छा गया और सुबह से ही लोग परिजनों को ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं

उनकी पार्थिव देह आज शाम तक उनके पैतृक गांव पहुंचने की उम्मीद है सशस्त्र सेना केन्द्र सरकार ने सशस्त्र सेनाओं के कर्मियों और ड्यूटी के दौरान लापता दिव्यांग व शहीद हए सैनिकों के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता से अधिकतम सीमा हटा दी है वित्त मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया है कि शैक्षिक सहायता जारी रहेगी और इससे संबंधित दस हजार रूपये महीने की अधिकतम सीमा हटा ली गई है आदेश में कहा गया है कि यह सहायता केवल सरकारी सरकार से सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों सैनिक स्कलों और केन्द्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य स्कूलों या कॉलेजों और केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के धन से संचालित स्वायत्त संगठनों में पढाई कर रहे बच्चों के लिए दी जायेगी मौसम ऊंची चोटियों पर हिमपात और निचले इलाकों में वर्षा व ओलावृष्टि का कम आज भी रूक रूक कर जारी है इससे अधिकतम तापमान में सात डिग्री सैल्सियस तक की कमी आई है

ताजा बर्फबारी से जहां मनाली रोहतांग केलंग सड़क से बर्फ हटाने का कार्य प्रभावित हुआ है वहीं दूरदराज़ इलाकों में शीतलहर बढ़ गई है